सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार आठ सौ अट्ठाइस

मौसम विभाग ने आज भी जताया हल्की वर्षा का अनुमान

श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दें साथ ही धर्म स्थल पर सैनिटाइजर इंफ्रारेड थर्ममीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे उपकरण भी रखे जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्म स्थल में एक समय में पांच से अधिक श्रद्वालु न हों साथ ही श्रद्वालु परिसर में किसी वस्तु को न छुएं लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी साक्वानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए तेजी से प्रयास करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में विमिन्न प्रदेशों से लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार या उससे अधिक है वहां स्किल मैपिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों निर्माण श्रमिकों रेहड़ी पटरी वालों और एमएसएमई इकाइयों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए

अब तक कुल पांच हजार छह सौ अड़तालीस लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं तीन हजार आठ सौ अट्ठाइस लोगों का उपचार चल रहा है पांव सौ दो नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश ा में कोविड मामलों की संख्या नौ हजार सात सौ तैतीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारह लोगों की मृत्यु भी हुई जिसके बाद प्रदेश ा में कोरोना से जान गवाने वालों की संख्या दो सौ सत्तावन हो गयी है स्वास्थ्य सेवा निदेश ालय की ओर से जारी किए गए कल श ाम तीन बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक इक्यावन मामले गौतमबुद्दनगर जिले में मिले जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या दो सौ बानबे हो गयी है कानपुर नगर में अड़तालीस नए मामले सामने आए हैं जिससे यहां सक्रिय मामले बढ़कर एक सौ बयालीस पहुंच गए जौनपुर में इकतालीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है जिले में सक्रिय मामले एक सौ सैतीस हैं गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के उन्नीस नए मामले सामने आए जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ तीस हो गयी बिजनौर में भी उन्नीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिले में सक्रिय मामले बहत्तर हैं लखनऊ में अट्ठारह नए मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की तादाद एक सौ सोलह हो गयी है आजमगढ़ में सत्रह मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर एक सौ चौदह पहुंच गए हैं गाजीपुर में सोलह नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद यहां सक्रिय मामले चौरासी हो गए हैं आगरा में तेरह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिले में सक्रिय मामले एक सौ तीन हैं वाराणसी में भी तेरह मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं मथुरा में भी तेरह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके अलावा बागपत में बारह फिरोजाबाद कन्नौज में ग्यारह ग्यारह कुशीनगर बुलंदश ाहर रामपुर में दस दस देवरिया में नौ मेरठ हरदोई प्रयागराज में आठ आठ अम्बेडकर नगर एटा मैनपुरी में सात सात सुल्तानपुर गोण्डा बरेली महराजगंज चित्रकूट में छह छह गोरखपुर इटावा मुरादाबाद बहराइच संतकबीरनगर में पांच पांच लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है बाराबंकी प्रतापगढ़ में चार चार अमेठी सिद्वार्थनगर पीलीमीत बलरामपुर फर्रुखाबाद श्रावस्ती शाहजहांपुर कासगंज में तीन तीन मऊ औरैया बदायूं लखीमपुर खीरी मुजफ्फरनगर हापुड़ में दो दो और अलीगढ़ अयोध्या रायबरेली सीतापुर तथा झांसी में एक एक मामला सामने आया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों होटलों रेस्त्रां शॉपिंग मॉल आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इसका उद्देश्य कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है सनी होटल शॉपिंग मॉल रेस्त्रा धार्मिक स्थलों कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था हो परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना ले कर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा केंद्र सरकार ने जून माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला लामार्थियों के बैंक खातों में पांच पांच सौ रूपए का वितरण कल से आरंभ कर दिया यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीसरी किस्त है वित्तीय सेवाओं के विभाग ने कहा है कि लाभार्थी दस जून के बाद किसी भी दिन अपने खाते से यह राशि निकाल सकते हैं उन्होंने कहा कि यह राशि पांच जून से नौ जून के बीच उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी इस राहत पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में दस हजार उन्तीस करोड़ रूपए बीस करोड़ से ज्यादा जन धन खातों में डाले गए थे दूसरी किस्त के रूप में दस हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ रूपए बीस करोड़ बासठ लाख जन घन खातों में मेजे गए एक लाख सत्तर हजार करोड़ रूपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने में लोगों की मदद करने के लिए मुफ्त अनाज और नकद सहायता उपलब्ध करा रही है

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कल एक विशेष बैठक की जिसमें कोविड नाइन्टीन की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मदेनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी की है यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है दो हजार उन्नीस की सिविल सेवा परीक्षा के जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा नहीं दे पाए थे उनके इंटरव्यू बीस जुलाई से शुरू होंगे प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी के पदों के लिए चार अक्तूबर दो हजार बीस को निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी गई है इसके लिए नई तारीखों की घोषणा यूपीएस सी की वेबसाइट पर दो हजार इक्कीस के कैलेंडर में प्रकाशित की जाएगी इस बीच उत्तर प्रदेश ा लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ व आर एफओ दो हजार बीस की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है यह परीक्षा इक्कीस जून को प्रस्तावित थी नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी आकाशवाणी से बातचीत के दौरान कोशिकीय और आण्विक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ राकेश मिश्रा ने कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में इसके परीक्षण के महत्व पर जोर दिया

वहीं कई स्थानों पर जलभराव हो जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा गोरखपुर अयोध्या आजमगढ़ वाराणसी चित्रकूट फतेहपुर और आसपास के इलाकों में कल दिन भर लगातार बूंदाबांदी होने से आम जनजीवन पर असर पड़ा प्रतापगढ़ औरैया में भी बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गयी